कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने कहा कि ग्रामीण बाजारों में भी बाजार खुलने के समय को जिलाअधिकारी अपने अनुसार घटा सकते हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉलसेंटर और हेल्पलाईन पूरी तरह से सक्रिय रहें और बेड इंजेक्शन सम्बंधी जानकारी भी अपडेट रहे आक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या बढाने के लिये हर सम्भव कोशिश की जाए उन्होनें कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भोजन पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई ढिलाई न हो इसके साथ ही छोटे छोटे स्थानों में सेनेटाइजेशन का काम किया जाए जहां संक्रमण की अधिक सम्भावनाएं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो

कोविड टेस्ट की रिपोर्ट समय पर आए और टेस्ट होते ही तुरंत सभी को कोविड किट दिया जाए सीएम मुख्यमंत्री ने ई संजीवनी पोर्टल को और प्रभावी बनाने के साथ ही इसे प्रचारित करने के निर्देश दिए ताकि जन सामान्य उसका अधिक लाभ उठा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और इसका पालन कड़ाई से करने को कहा है उन्होनें सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की व्यवस्था को लगातार क्रास चेक करवाया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों हेतु एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की जाए ताकी ओवररेटिंग जैसी शिकायत ना हो

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राईवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए उन्होंने प्रदेश की सीमाओं पर रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड रीडर के जरिए चैकिंग करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोविड कर्फ्यू में निर्माण कार्यों को छूट है इसलिए निर्माण से संबंधित सीमेंट सरिया की दुकानों को बंद न करायें

इसके लिए पंजीकरण प्रकिया जारी है और को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं

केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निरूशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास उनासी लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं

इस अवधि में केवल रिमांड और जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी यह जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने दी है गौरतलब है कि रुद्रपुर में अपर जिला जज श्री वरुण कुमार की कोरोना से मृत्यु हो गई है

इस लिए समय रहते निर्माण कार्यो को पूरा किया जाना आवश्यक है राज्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह निर्माण कार्य की समयबद्व मॉनिटरिंग करें और इस अस्पताल का तुरंत निर्माण करें ताकि चार जिलों के लोगों को कोविड काल में सहूलियत मिल सकें

उन्होंने बताया कि फिलहाल यहां पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वाले गंभीर मरीजों को भर्ती कराया जाएगा जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही कोविड सेंटर संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर में भी आईसीयू शुरू करने की योजना है

राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एम्ब्रलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही नहीं जारी की गई है बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किये बिना ही इसे जारी कर दिया गया है

साथ ही जनपद में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला अधिकारी ने सैंपल टेस्टिंग कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और वैक्शीनेशन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए